नैनीताल के कालाढूंगी में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से पदयात्रा आयोजित की गयी जिसे मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आहवान किया कि वे घर घर जाकर लोगों में सीएए को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों और भ्रांतियों को दूर करें

रिकवरी सेल ने प्रदेश के साथ ही अन्य प्रदेशों के लोगों के मोबाइल भी खोजे हैं

आपदा कार्यशाला उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से मनोसामाजिक देखभाल और आघात परामर्श विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला में मेडिकल कॉलेज और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ ही मनोचिकित्सकों ने भी शिरकत कर सुझाव दिये आपदा प्रबंधन विभाग के अधिशासी निदेशक डॉ पीयूष रौतेला ने बताया कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है इस लिहाज से राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने ऐसी गाइडलाइंस तैयार की है जिससें लोगों को मानसिक रूप से भी आपदा के बाद उपजी स्थितियों से निपटने के लिए तैयार किया जाए पोषण मिशन राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत ऊधमसिंह नगर जिले में अति कुपोषित और कुपोषित बच्चों की संख्या घट रही है

जिले के किच्छा विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय पोषण मिशन पर आयोजित एक कार्यक्रम में पोषाहार वितरण के बाद क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला ने कहा की अगर हम स्वस्थ भारत की कल्पना करते है तो यह जरूरी है की हमारा भविष्य स्वस्थ पैदा हो यह तभी होगा जब हमारी बेटियां स्वस्थ होंगी

उन्होंने बताया की लगभग एक लाख लाभार्थियों को हर महीने पौष्टिक आहार वितरित किया जा रहा है

इसमें पूरे देश से दो हजार से अधिक विद्यार्थी अभिभावक और शिक्षक भाग लेंगे आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि छात्र अभिभावक और शिक्षकों को परीक्षाओं में बिना भय और तनाव के भाग लेना चाहिए

यह कार्यक्रम द्रदर्शन के डीडी नेशनल दूरदर्शन समाचार डीडी इंडिया तथा आकाशवाणी के मीडियम वेव और एफएम चैनल पर उपलब्ध रहेगा ग्राम स्वराज प्रशिक्षण उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने देहरादून में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत ग्राम पंचायत विकास योजना के मिशन अन्त्योदय सर्वे के संबंध में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ किया पंचायतीराज ग्राम्य विकास और नियोजन विभाग के जनपद और विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों की कार्यशाला के बारे में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि यह ग्राम पंचायतों के विकास के लिए बेहतरीन प्रयास है इनसे ग्रामीण स्तर की समस्याओं के निवारण के लिए सुझाव मिलते हैं जिससे समस्याओं का निवारण किया जा सकता है मौसम बारिश और बर्फबारी के बाद प्रदेश में अब पाला और कोहरा परेशानी का कारण बन रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पाला पड़ने के बाद बर्फ पर फिसलन बढ़ गई है वहीं मैदानी जिलों में सुबह घना कोहरा हाड़ कंपा रहा है हालांकि राहत की बात यह है कि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम के सामान्य बने रहने का अनुमान जारी किया है

मौसम विभाग ने पहाड़ जाने वाले पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी है पाला पड़ने से वाहनों के फिसलने के खतरे को देखते हुए लोगों को बर्फ पर वाहन चलाने से बचने के लिए भी कहा गया है

लेकिन शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है मैदानी इलाकें में कोहरे से रेल सेवाओं पर असर पड़ा है

प्रतियोगिता के विभिन्न वर्गों में उत्तरी सीमांत प्रथम पूर्वी सीमांत दूसरे और उत्तर पश्चिम सीमांत तीसरे स्थान पर रहे

विधिक साक्षरता शिविर उत्तरकाशी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें छात्र छात्राओं को संकल्प नशा मुक्त देवभूमि अभियान के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी शिविर में उपस्थित छात्र छात्राओं को नशे से सम्बन्धित विभिन्न प्रावधान और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया शिविर में बताया कि तनाव कार्य में असफलता गलत संगति और अभिभावकों द्वारा बच्चों की सही देखरेख न करने के कारण छात्रों के नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है इस दौरान उपस्थित सभी लोगों को नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने और दूसरों को नशा करने से रोकने की शपथ दिलायी गई सड़क सुरक्षा सप्ताह अल्मोड़ा में कल से सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रह्लाद सिंह मीणा ने आज संबंध में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी उन्होंने बताया कि सड़क द्र्घटनाओं को रोकने के लिए और वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है जनपद में सभी थाना प्रभारियों को सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने के निर्देश दिये गए हैं उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन से जिले में गत वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में कमी आयी है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कल महिलाओं की बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा

उत्तराखंड यंग लीडर्स कॉन्क्लेव एक तीन सूत्री कार्यक्रम है इसमें सेवा संवाद और संकल्प को मूलमंत्र बनाया गया है विश्व हिंदी दिवस आज विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है विदेशों में हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से हर वर्ष यह दिवस मनाया जाता है इस अवसर पर आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं हमारी उन्नति तभी होती है जब हमारी भाषा की उन्नति होती है आज दुनिया में सर्वाधिक बोली जाने वाली पांच भाषाओं में हिन्दी शामिल है

वैश्विक स्तर पर कई विश्वविद्यालयों में हिन्दी सिखाई जा रही है और लोग भारत की संस्कृति से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं हिन्दी में वही लिखा जाता है जो हम बोलते है इसलिए इसे सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा भी माना जाता है